नामांकन पत्रों की जांच कल की जाएगी

कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन को लेकर कांग्रेस स्कीनिंग कमेटी की एक बैठक के वेणुगोपाल की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में होगी समझा जाता है कि बैठक में पार्टी प्रदेश की चारों सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम तय करेगी बाद में नामों की सूची कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति को भेजी जाएगी बैठक में प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल सह प्रभारी गुरकीरत सिंह पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर और विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री मौजूद रहेंगे दूसरी तरफ भाजपा ने प्रत्याशियों की घोषणा के बाद प्रदेश में चुनाव प्रचार तेज कर दिया है इसी कड़ी में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज मंडी जिले के बाली चौकी और कुल्लू जिले के सैंज में भाजपा युवा मोर्चा के सम्मेलन को संबोधित करेंगे कार्यशाला केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला में नई तालीम अधिगम व सामुदायिक सहभागिता में शिक्षक समुन्नयन विषय पर आज से सात दिवसीय कार्यशाला शुरू हो रही है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा परिषद द्वारा लगाई जा रही इस कार्यशाला का शुभारंभ केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति कुलदीप चंद अग्निहोत्री करेंगे कार्यक्रम के संयोजक मनोज कुमार ने बताया कि इसका उदेश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना है उन्होंने कहा कि इस दौरान ग्रामीण अध्ययन ग्रामीण विकास और ग्रामीण प्रबंधन जैसे विषयों पर चर्चा की जाएगी प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष सुरेश सोनी कार्यक्रम में विशेष अतिथि के तौर पर मौजूद रहेंगे

मौसम प्रदेश के अधिकांश भागों में आज बादल छाए हुए हैं हालांकि जनजातीय जिला लाहौल स्पीति की उंची चोटियों पर सुबह से ही रूक रूक कर हल्का हिमपात हो रहा है बर्फबारी के कारण घाटी की अंदरूनी सड़कों को खोलने का कार्य भी बाधित हो रहा है लगातार खराब मौसम के चलते घाटी में लोगों को ठंड का सामना करना पड़ रहा है और कई स्थानों पर तापमान माइनस छह से दस डिग्री सेल्सियस तक नीचे दर्ज किया जा रहा है इधर राजधानी शिमला व इसके आसपास के इलाकों में भी बादल छाए हुए हैं

एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशियों के चयन से जुड़ी खबर को आज समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है अमर उजाला ने भाजपा के पूर्व सांसद सुरेश चंदेल के हवाले से सुर्खी दी है कांग्रेस टिकट दे तो लड़ने को तैयार पंजाब केसरी के शब्द है कांग्रेस आज लगाएगी प्रत्याशियों पर मोहर दिल्ली में होगी स्क्रीनिंग कमेटी के दूसरे चरण की बैठक दिव्य हिमाचल ने लिखा है कांग्रेस हाईकमान से चंदेल की मंत्रणा आज दैनिक जागरण का शीर्षक है कांग्रेस प्रत्याशियों पर मुहर आज दैनिक भास्कर का कहना है कांग्रेस स्कीनिंग कमेटी हिमाचल की चारों सीटों का पैनल आज तय करेगी हिमाचल दस्तक के मुताबिक सुखराम के पोते सुरेश चंदेल पर आज फैसला लेगी कांग्रेस आपका फैसला लिखता है शिमला से विनोद सुल्तानपुरी व कांगड़ा से सुधीर शर्मा को टिकट मिलने की संभावना दैनिक सवेरा टाइम्स ने खबर दी है उम्मीदवार घोषणा से असंतुष्टों को मनाएंगे जयराम दिल्ली में सुरेश चंदेल के बाद पंडित सुखराम को मनाने मंडी जांएगे मुख्यमंत्री दैनिक भास्कर की एक खबर है हिमाचल सरकार इन्वेस्टर मीट से पहले दुबई यूके और जापान में करेगी रोड शो असम रायफल्स को सेना की तर्ज पर ईसीएचएस सुविधा शीर्षक से खबर को दिव्य हिमाचल ने प्रमुखता दी है

शिमला में एबीवीपी और एसएफआई के कार्यकर्ताओं की झड़प से जुड़ी खबर को भी समाचार पत्रों ने संचित्र प्रकाशित किया है अमर उजाला ने सुर्खी दी है संघ की शाखा पर एबीवीपी एसएफआई कार्यकर्ताओं में खुनी संघर्ष तीस घायल

दैनिक जागरण के शब्द हैं एसएफआई व आरएसएस स्वयंसेवियों में खुनी झड़प पंजाब केसरी के अनुसार पुलिस ने कॉस एफआईआर दर्ज की